श्री गहलोत आज बाडमेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र रा सिंवाणा मांय चुनावी सभा नै संबोधित करया

इण दौड़ मांय करीब दो हजार कर्मचारी आपरा मतदान पहचान कार्ड लेर दौड़या अर शहर मांय मतदाता जागरूकता रो संदेश दिया

गिरफ्तारी वारंट सूं तलब करयो है

चिकित्सा विभाग रा विशिष्ट शासन सचिव अर एनएचएम मिशन निदेशक समित शर्मा बताया कै यो अभियान प्रदेश रा सफाखाना मांय मरीजां नै दी जारी सुविधावां मांय गृणवत्ता सुधार कार्यकम रो महत्वपूर्ण हिस्सो है

न्यायाधीश अभय चतुर्वेदी अर नरेन्द्र सिंह ढडडा नै काल शपथ दिलाई जावेला